राज्य सरकार पंचायत चौकीदारों के लिए जल्द ही बनाएगी स्थाई नीति

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कंपनियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी ताकि इन परियोजनाओं पर जल्द कार्य शुरू किया जा सके उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक तकनीक के प्रयोग का प्रयास किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सयंत्रों को स्थापित करने के लिए ऊना व कांगड़ा जिले में भूमि चयनित कर ली गई है

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे मंत्रिमण्डल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आई डी बी आई में एक मुश्त पूंजी डालने को मंजूरी दे दी है इसमें सरकार और एल आई सी दोनों मिलकर पूंजी डालेंगे केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्ली में बताया कि इससे आई डी बी आई और एल आई सी दोनों को फायदा होगा उन्होंने कहा कि इस कदम से बैंको को मज़बूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस कदम से आई डी बी आई आवास और मोटर वाहन जैसे क्षेत्रों को कर्ज देना शुरू कर देगा महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि लोगों को स्वच्छ पेयजल और बेहतर सिंचाई सुविधा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है ये बात आज उन्होंने मण्डी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब पौने आठ करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यो के शुभारंभ अवसर पर कही महेन्द्र सिंह ने कहा कि पानी की कमी वैश्विक समस्या बनती जा रही है जिससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया बिंदल केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी जलशक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर किए जा रहे कार्यों में सिरमौर ज़िला सबसे अव्वल स्थान पर है विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन के त्रिलोकपुर में आयोजित किसान मेले के अवसर पर ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि जलशक्ति अभियान के तहत नए तालाबों और चैकडैम का निर्माण किया जाएगा जिससे जल संग्रहण हो सकेगा

उन्होंने किसानों से पारम्परिक खेती के साथ साथ अच्छी कीमत देने वाली नकदी फसलों के उत्पादन करने की भी सलाह दी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

सत्ती उधर जलशक्ति अभियान के तहत ऊना में आयोजित किसान मेले की अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने की उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक के दौरान भू जलस्तर लगभग दो मीटर नीचे चला गया है जिसके दुष्परिणाम निकट भविष्य में सामने आएंगे सत्ती ने कहा कि गिरते भू जलस्तर की समस्या से निपटने के लिए वर्षा जलसंग्रहण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इस दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई गोविंद ठाकुर नए मोटर व्हीकल एक्ट को हिमाचल में भी लागू किया जाएगा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

वीरेंद्र कंवर ने राजगढ़ में दो करोड़ रुपये की लागत से खंड विकास कार्यालय भवन बनाने की बात भी कही इस अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे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 उन्होंने आज कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र की थ्रल पंचायत के नलेहड़ गांव के शहीद हवलदार सेना मैडल जनक सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया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

जिला भाषा अधिकारी कुसुम संघाईक ने बताया कि इस दौरान विद्यार्थियों को भाषण व अन्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से हिंदी भाषा के महत्व के बारे में जानकारी दी गई